उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रति दस दिन में दस लाख टेस्टिंग किट प्राप्त की जाएं श्री योगी ने आरटीपी सीआर और रैपिड एन्टीजन विधि से जांच की संख्या को बढ़ाकर सोमवार तक एक लाख टेस्ट प्रतिदिन करने के भी निर्देश दिए लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को आज कानपुर नगर व झांसी तथा कल प्रयागराज व मिर्जापुर मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की मौके पर समीक्षा करने के निर्देश दिए श्री योगी ने साप्ताहिक बंदी के दौरान आज और कल प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण के लिए पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया श्री योगी ने श्रीराम जन्ममूमि परिसर में भगवान राम की पूजा की और भरत शत्र्वज व लक्ष्मण जी की मूर्तियों को नए आसन पर विराजमान कराया उन्होंने हनुमानगढ़ी परिसर में मंदिर निर्माण के लिए जारी कार्यो का भी निरीक्षण किया जिला प्रशासन के अधिकारियों और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्री योगी को भूमि पूजन और मंदिर निर्माण के संबंध में की जा रही तैयारियों का ब्यौरा दिया मुख्यमंत्री ने साध् संतों के साथ भी मंदिर निर्माण के संबंध में बातचीत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सयेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इसे आकाशवाणी और दरदर्शन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल डब्ल डब्ल डब्ल डॉट न्यूज ऑन एआइआर और न्यूज ऑन एआइआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डी डी न्यूज पी एम ओ और सुचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका प्नः प्रसारण भी किया जाएगा भारत ने एक ही दिन में कोरोना वायरस के चार लाख से अधिक नमूनों की जांच कर रिकॉर्ड बनाया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंघान परिषद ने कहा है कि चौबीस घंटों के भीतर रिकार्ड चार लाख बीस हजार आठ सौ अन्ठानबे कोरोना के नमनों की जांच की गयी है सरकार ने कोरोना वायरस महामारी का पता लगाने और नियंत्रण के लिए टैस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाई है केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सघन परीक्षण और उपचार की रणनीति को तेज करने की सलाह दी है परीक्षण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने कोविड नाइन्टीन जांच के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को विकसित करने के लिए स्वदेशी निर्माणकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया है केन्द्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन के अत्यधिक संक्रमण वाले नौ राज्यों से कहा है कि कंटेनमेंट जोन में विशेष ध्यान देते हुए जांच के काम में तेजी लाएं ये नौ राज्य हैं उत्तर प्रदेश आंघ्रप्रदेश बिहार तेलंगाना ओडिशा पश्चिम बंगाल असम कर्नाटक और झारखंड इन राज्यों में देश में कोविड मरीजों की संख्या सबसे अघिक है कोविड नाइन्टीन महामारी के प्रभावी रोकथाम और प्रबंघन के लिए केन्द्र और राज्यों की समन्वित रणनीति के तहत कैबिनेट सचिव ने कल इन नौ राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में कहा गया कि संक्रमित लोगों का जल्दी पता लगाने और संक्रमण रोकने के लिए जांच का काम तेज किया जाना चाहिए देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब साढे आठ लाख हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में अब तक आठ लाख उन्चास हजार चार सौ बत्तीस मरीज स्वस्थ हुए हैं उत्तराखंड सरकार ने राज्य से बाहर के श्रृद्वालुओं को कुछ शर्तों के साथ चाखाम यात्रा की अनुमति दे दी है इन चार धामों में केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री और गंगोत्री शामिल है देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने कहा कि सभी श्रद्वाल्ओं को राज्य में प्रवेश करने के बहत्तर घंटे के अंदर कोविड मुक्त होने की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी ऐसा न करने पर उन्हें चौदह दिन तक क्वारंटीन रखा जाएगा प्रदेश भर में आज नागपंचमी का पर्व परम्परागत ढंग से धूमधाम से मनाया जा रहा है लोगों ने आज सुबह अपने अपने घरो में भगवान शिव का जलामिषेक करने के बाद नाग देवता को दूध और लावा अर्पित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नागपंचमी पर्व की बधाई दी है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अब तक दस राज्यों के चार लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया है ये अभियान उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश पंजाब गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ हरियाणा उत्तराखंड और बिहार में चलाये गये हैं